विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं का सम्थन प्राप्त करने के लिए देशभर में चुनावी सभाए कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाड के तेनी में एक चुनावी रैली की उन्होंने कहा कि वे ऐसे नये भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्द है जिसमें सभी लोग सुरक्षा समृद्धि और सम्मान के साथ रह सकें श्री मोदी ने कहा कि तेजी से विकास कर रहा भारत विश्व में अपना स्थान बना रहा है और विपक्षी दल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे उन्होंने कहा कि विपक्षी मोर्चा उन लोगों से मिलकर बना है जो कभी पहले एक दूसरे के दुश्मन थे सभी विपक्षी नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कांग्रेस अव्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा उन्होंने गारंटी दी है कि सभी गरीब लोगों को सालाना बहत्तर हजार रूपये की न्यूनतम आय से उन्हें पांच साल में तीन लाख रूपये से अधिक राशि मिलेगी वे आज कर्नाटक में कोलार में एक रैली को सम्बोधित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बदायू और शाहजहांपुर में रैलियों को संबोधित किया बहुजनसमाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती भी बदायूं और बुलंदशहर में चुनावी सभाएं कीं

प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तथा सामाजिक भलाई हेतु सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दीन दयाल उपाध्याय गोरखप्र विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित गोरखपुर मण्डल में लोकसभा सामान्य निर्वाचन दो हजार उन्नीस के तैयारियों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर गांव में जाकर मतदाताओं से अधिकारी गण संवाद स्थापित करें तथा मतदान के प्रति जागरूक करें इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम बार मतदाता बने पांच मतदाताओं को वोटर कार्ड वितरित किया मतदान के प्रति जागरूकता के लिए एक वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया राष्ट्र जलियांवाला नरसंहार के सौ वर्ष पूरे होने पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ उन्नीस में आज के ही दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण जनसभा पर जनरल डायर और ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी में सैंकड़ों निर्दोष नागरिक शहीद हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इन शहीदों का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमृतसर में जलियावाला बाग नरसंहार स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्दा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया यह दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के जन्म दिवस का प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवावासियों को रामनवमी की शुभकामनाए दी हैं भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी पर्व का विशेष उत्साह रहा अयोध्या के लगभग सभी मंदिरों में आज धूमधाम से श्रीराम जन्मोत्सव मनाया गया आज दोपहर मंगलध्वनि के बीच रामलला का प्राकट्य होते ही पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी देश भर से जुटे श्रद्वालुओं ने विभिन्न मंदिरो में जाकर दर्शन और पूजा पाठ किया

मध्य दिवस अति सीत न घामा पावन काल लोक विश्रामार गोस्वामी तुलसीदास का भगवान श्रीराम के प्राकटव का यह अनुभव आजश्रयोध्या के चौराहों से लेकर गतियां तक महसूस किया जाता रहा दोपहर ठीक बारह बजे मंदिरों के पट भव्य आस्ती के साथ खुले और स्मये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारीर कीघ्यनि कनक भवन और श्री राम बल्तभा कुञ्ज सहित सभी मंदिरों में गूंजने लगे और श्रद्धालुओं के भक्तिकलश से रह रह कर टपकते छलकते श्रद्धा के भाव जयकारे के रूप में गुंजायमान होतेरहे उधर चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही विभिन्न स्थानों पर लगे चैत्र नवरात्र मेले आज अष्टमी और नवमी तिथि को सम्पन्न हो रहे हैं मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचलधाम स्थित मॉ विन्ध्यासिनी देवी मंदिर पर आज ब्रम्हहुमूर्त से ही श्रद्वालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियो के बीच स्थित माता शाकुम्मरी देवी मंदिर सहित सभी शक्तिपीठो और देवी मंदिरो पर आज श्रद्वालुओं का तॉता लगा रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के तरकुलहा देवीमंदिर तथा महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर पर भी श्रद्वालु पंक्तिबद्द होकर माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं